राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपाल विकास योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

उन्होंने कहा कि देश में अनुसूचित जनजातियों के लगभग दस करोड़ लोग हैं श्री कोविंद ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकारों के संरक्षक और पथ प्रदर्शक होते हैं और वे संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के अनुसार शासन चलाने में राज्यपालों का विशेष स्थान है

उन्होंने कहा कि राज्यों के विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिले और अध्यापकों की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से समय पर करने को सुनिश्चित बनाने में राज्यपाल मदद कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि उचित और सार्थक ढंग से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करके ही गांधी जी की स्मृति को जीवित रखा जा सकता है राज्यपालों के सम्मेलन के आरम्भिक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राज्यपालों को देश के संघीय ढांचे और संवैधानिक व्यवस्था के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है श्री मोदी ने इस बारे में विस्तार से कहा कि राज्यपाल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव बांट सकते हैं ताकि लोगों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहल का अधिकतम लाभ मिल सके उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी है उन राज्यों के राज्यपाल यह सुनिश्चित करने में मदद दे सकते हैं

श्री शाह ने बताया कि भाजपा ऐसे लोगों का आशीवाद चाहती है जो पार्टी के साथ हैं उन्होंने कहा कि पार्टी पदाधिकारी एक लाख लोगों से मुलाकात करेंगे और कम से कम एक करोड़ घरों तक पहुंचेंगे

कुछ परीक्षार्थियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सभी को एक जसा प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया और अंग्रेजी तथा तमिल के प्रश्नपत्रों में बहुत अधिक अन्तर था केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री सांसद अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में दो करोड़ पैतालीस लाख रूपये से अधिक की प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित और सुदृढ़ीकृत सड़कों का उद्घाटन किया

एक कार्यक्रम में बोलते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार लोगों क स्वास्थ्य के प्रति संजीदा है और दिशा में काफी काम कर रही है इस अवसर पर लाइफ लाइन एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया गया श्रीमती पटेल ने द्विव्यांगों को उपकरणों का भी वितरण किया प्रदेश की महिला कल्याण मात्र एवं शिशु कल्याण तथा पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कुंभ दो हजार उन्नीस के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बाहर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके भारतीय रिजर्व बैंक देशभर में आज से वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है इस वर्ष का विषय है ग्राहक संरक्षण इसका उद्देश्य बैंक ग्राहकों के बीच वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना है बैंक अपनी पहलों के बारे में लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे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

उधर शहीद जवान विजय कुमार पाण्डेय का फतेहपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया श्री पाण्डेय सठीगंवा सलेपुर के रहने वाले थे

मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों पर आंधी वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है राज्य के पश्चिमी और अन्य भागों में आंधी वर्षा आने और बिजली गिरने की आशंका है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में राज्य के छह जनपदों रामपुर मुरादाबाद बिजनौर सहारनपुर बलिया देवरिया तथा आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी आंधी तथा गरज चमक के साथ बरसात की चेतावनी जारी की है

मुरादाबाद में एक और घायल ने दम तोड़ दिया कई क्षेत्रों में आंधी तूफान से बाधित हुई बिजली व्यवस्था अभी भी ठीक नहीं हो पाई है राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं राज्य में पारा ऊपर चढ़ने के साथ लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बलरामपुर में दो दिन पहले बरसात के बाद तापमान बयालीस डिग्री के आसपास बना है जिससे लोगों की सामान्य दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है प्रदेश के एक सौ नौ सहकारी गन्ना विकास समितियों तथा चौबीस सहकारी चीनी मिल समितियों में आय्ष चिकित्सालय खोले जायेंगे गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया है कि गन्ना किसानों उनके परिजनों तथा समिति के कर्मचारियों और क्षेत्रीय जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है इन औषधालयों के खुल जाने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सुविधा उपलब्ध हो जायेगी राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए ड्राप मोरक्रॉप माइक्रोइरीगेशन योजना के अन्तर्गत नौ करोड़ अट्ठासी लाख इकसठ हजार रूपये की धनराशि जारी कर दी है सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के मुकाबले काफी अधिक है ड्राप मोरक्राप सिंचाई योजना से किसानों को काफी फायदा होगा जौनपुर में पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आज एक पर्यावरण रैली का आयोजन किया गया रैली का आयोजन लायन्स क्लब इंटरनेशनल रीजन आई के सहयोग से किया गया इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि जल को प्रदूषण से बचाना और पेड़ों की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है

पुलिस ने बताया है कि जेहटा रोड के मुन्नालाल खेड़ा स्थित एक मकान में सुबह विस्फोट हो गया जिससे मलबे में दबकर दो लोगों की मौत हो गई मकान में पटाखा बनाने का काम होता था